श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की जब कमी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मितकर के काम किया कॉ ऑपरेटिव फ्रेडरतिज्म का सर्वोत्तम चदाहरण प्रस्तुत किया कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी फैसले लेने शुरू कर दिए थे हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोनावायरस के कारण जानमाल का नुकसान दखद है और अनलॉक के दौरान भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी उन्होंने प्रत्येक नागरिक से मॉस्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और सादुन से नियमित रूप से हाथ धोर्न सहित सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि परिवहन के सभी साधन अब खुले हैं पिछले कुछ सप्ताह में हजारों भारतीय विदेश से लौटे और सैकड़ों प्रवासी श्रमिक अपने गुह नगर पहंच गए प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका है उन्होंने कहा कि विश्वमर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों के अनुशासन की प्रशंसा कर रहे हैं प्रवानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां स्वस्थ होने की दर अब पचास प्रतिशत से अधिक है उन्होंने यह भी कहा कि मारत कोरोनोवायरस के कारण कम से कम मौत वाले देशों में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कृछ सप्ताह के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं जो देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्होंने इस वर्ष अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई होने और खदरा क्षेत्र में डिजिटल भगतान जैसी सफलताओं पर प्रकाश डाला श्री मोदी ने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया जिसमें सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को रेहन मुक्त ऋण प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं जो देश में मजबूत और निरंतर मांग का सृजन सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने स्वास्थ विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक समर्पित टीम के तौर पर कार्य करते हुए कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने को कहा है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में निरंतर सतर्कता बरती जाए मेरठ मंडल के लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या दोग्नी की जाए उन्होंने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में साफ सफाई के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टैंसिंग के नियम का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित किए जाने संबंधी परामर्श जारी करने से इंकार किया है पत्र सुचना कार्यालय ने आज बताया कि ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है छात्रों से कहा गया है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी हासिल करें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक का व्हाट्सएप पर एक संदेश फॉरवर्ड हो रहा है जिसमें कथित रूप से यह दावा किया गया है कि नीट की परीक्षा अगस्त तक स्थगित कर दी गई है पिछले महीने केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि नीट की परीक्षा छब्बीस जुलाई दो हजार बीस को कराई जाएगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा आयुष मंत्रालय में सलाहकार आयूर्वेद डॉ मनोज नेसारी परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृष्ठ सकते हैं नम्बर है शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छ सात यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज से नियमित मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रसारित की जा रही है आकाशवाणी लखनऊ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर प्रातः ग्यारह बजे से बारह बजे तक इसका प्रसारण हो रहा है बच्चों के लिये बेसिक शिक्षा विभाग की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला राज्य के आकाशवाणी के सभी बारह प्राइमरी चैनलों से प्रसारित की जा रही है दूरदर्शन लखनऊ से इसका प्रसारण प्रातः नौ से एक बजे तक किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी लददाख के गलवान एलएसी पर शहीद हए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करते हए उन्हें श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने जनपद मेरठ निवासी सेना के हवलदार विपूल रॉय की शहादत को नमन करते हए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त को है उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी